केन्द्र सरकार ने आलू प्याज और टमाटर की कीमतों में स्थिरता लाने और उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ऑपरेशन ग्रीन के परिचालन की मंजूरी दे दी है आलू प्याज और टमाटर की कीमतों को स्थिर रखने के लिए वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के बजट भाषण में पांच सौ करोड़ रुपये की लागत के आपरेशन ग्रीन शुरू करने की घोषणा गई थी इसे प्राथमिकता देते हुये टॉप्स नाम दिया गया था इसकी मंजूरी देने के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि इन फसलों की कीमतों में अस्थिरता से देश के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है उन्होंने कहा कि यह एक क्रांतिकारी योजना है जिसे सभी पक्षों के साथ निरंतर वार्ता के बाद बनाया गया है सरकार ने आलू प्याज और टमाटर उत्पादन की बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए अनुदान देने की रूपरेखा भी तैयार की है बिहार विधान सभा के सदस्य अब ई मेल और वाट्सएप के जरिये भी सवाल प्रछ सकेंगे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने आज ई विधान प्रणाली की विधिवत शुरूआत की बिहार हिमाचल प्रदेश के बाद दूसरा राज्य है जहां यह प्रणाली लागू की गयी है इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुये विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनप्रतिनिधि अब अपने क्षेत्र में रहते हुये भी सवाल पूछ सकेंगे उन्होंने कहा कि सदस्य वाट्सएप और ई मेल के माध्यम से जो सवाल प्रछेंगे उसे विधानसभा स्वीकार करेगी और सरकार उसका ऑनलाईन जवाब देगी श्री चौधरी ने कहा कि इससे प्रश्नों के निष्पादन की गति पांच गुना बढ़ जायेगी और जनहित के मूददे अधिक से अधिक संख्या में प्रभावी तरीके से उठाये जा सकेंगे विधान परिषद में भी यह व्यवस्था लागू हो गयी है औरंगाबाद जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पूलिस ने तीन कूख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है पिछले दिनों जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के सहयार गांव में नक्सलियों द्वारा एक ग्रामीण की हत्या करने के मामले में ये गिरफ्तारियां हुई हैं सहायक पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों की कई मामलों में तलाश थी धन वैभव और सूख समृद्धि का त्योहार धनतेरस आज पूरे प्रदेश में पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है आज के दिन कुंबेर और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है धनतेरस पर पटना समेत पूरे राज्य में बाजारों में काफी चहल पहल है द्रकानों को आकर्षक ढ़ंग से सजाया गया है बर्तन और आभूषणों की द्रकानों पर खासी भीड़ देखी जा रही है आज के दिन लोग सोना चांदी समेत अन्य कीमती धातु खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामानों और वाहनों के शो रूम में भी खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं इधर दीपावली से पहले अन्य पूजा सामग्री दीया सजावट के सामान पटाखे और मिठाई के दुकानों में भी काफी चहल पहल देखी जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण दिवस पर आज से नालंदा के पावापूरी में दो दिवसीय राजकीय महोत्सव शुरू हो गया है

श्री कुमार ने भगवान महावीर के उपदेशों और संदेशों को जन जन तक फैलाने का आहवान किया उन्होंने कहा कि आज भगवान महावीर के उपदेश जियो और जीने दो तथा अहिंसा परमो धर्मः के संदेश से ही शांति स्थापित की जा सकती है हमारे संवाददाता ने बताया कि महोत्सव में शामिल होने के लिये देश भर से जैन श्रद्धालु पावापुरी आये हैं दो दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे जिसमें देश भर के नामी कलाकार प्रस्तुति देंगे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण पर कांग्रेस की टिप्पणी की आलोचना की है नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस की चिंता सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित करने को लेकर नहीं होनी चाहिए उन्होंने ट्वीट संदेश में राम मंदिर बनाने और सरदार पटेल की मूर्ति का उपहास उड़ाने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की आलोचना की तिलकामांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के कुलपति प्रोफेसर नलिनी कांत झा का आज दिल का दौरा पड़ने से असामयिक निधन हो गया राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने प्रोफेसर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है प्रोफेसर झा बांका जिले के तेलडीहा गांव के रहने वाले थे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए होम सेंटर की व्यवस्था एक बार फिर से लागू कर दी है बोर्ड ने दो हजार सत्रह में यह व्यवस्था समाप्त कर दी थी वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड के मोहनपुर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनोद कुमार को सरकारी राशि गबन करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है वहीं जमालपुर मध्य विद्यालय के शिक्षक उमेश कुमार को ड्यूटी के दौरान जुआ खेलने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है इधर वैशाली के जिलाधिकारी के आदेशपाल मनोज सिंह को पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में आज बलवाकुंआरी गांव स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेरोजगार युवक युवतियों के लिए स्वरोजगार के नये अवसर खोल रहा है हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट बाईट संवाददाता मुद्रा योजना के तहत ऋण प्राप्त कर बेरोजगार युवा खुद का उद्यम शुरू कर अपने भविष्य को संवार रहे हैं फूल व्यवसाय से जुड़े चंदन कुमार इस योजना को बेरोजगारों के लिए वरदान मानते हैं

आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से केके कौशिक कृषि मंत्री प्रेम क्मार ने आज डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय प्रसा में कृषि यंत्र परीक्षण केन्द्र का उद्घाटन किया इस अवसर पर आयोजित समारोह में श्री कुमार ने कहा कि इस केन्द्र की स्थापना हो जाने से राज्य में कृषि यंत्र निर्माताओं को अपनी इकाई स्थापित करने में सुविधा होगी पटना के बेउर और परसा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांव एतवारपुर में पुलिस की गोली लगने से एक अपराधी की मौत हो गयी और दो अन्य घायल हो गये नगर पुलिस अधीक्षक रवींद्र कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान अपराधियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया आत्मरक्षा में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी जिसमें एक अपराधी की गोली लगने से मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गये अपराधियों के पथराव में एक पुलिस अधिकारी को गंभीर चोटे आयी हैं जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है राज्य स्तरीय हैंड बॉल प्रतियोगिता में जहानाबाद की टीम विजेता बनी है शेखपुरा जिले के बरबीघा स्थित एसकेआर कॉलेज मैदान में खेले गये फाइनल मैच में जहानाबाद ने नवादा को कड़े मुकाबले में इक्कीस के मुकाबले तेईस गोल से पराजित कर दिया

अरवल जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के एक हजार लाभुकों को दीपावली के दिन गृह प्रवेश करवाया जायेगा पटना जिले के नौबतपुर से पुलिस ने कुख्यात मुचकुंद गिरोह के तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है भागलपुर जिले के रंगरा थाना क्षेत्र के चापा दियारा से पुलिस ने पच्चीस हजार रूपये के इनामी अपराधी अरविंद यादव को गिरफ्तार किया है बेगूसराय जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र के सोकहरा बाजार में एक क्रियर कंपनी के कार्यालय से अपराधियों ने चार लाख उनासी हजार रुपये और दस मोबाइल फोन लूट लिये